इस अवसर पर उन्होंने प्रशासन के लाभ को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी सरकारी कार्यक्रमों को तेजी से पहंचाने में मदद करती है और पारदर्शिता लाने में प्रोत्साहित करती है यह सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा

वहीं सरकार ने प्रदेश में फिर से लाक डाउन लगाने को लेकर चल रही अफवाहों का खंडन किया है

उधर कोरोना की दूसरी लहर की आशंका और उससे बचाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक के दौरान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार रहे उन्होंने फीवर क्लीनिक में आने वाले बीमार व्यक्तियों की जाँच अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए

जन आंदोलन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित बालाघाट के सेवा निवृत शिक्षक रूप कुमार बरमाले ने लोगों से दो गज की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित की है कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी ने आज सुबह इन्दिरा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भोपाल में प्रियदर्शनी पार्क और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है शौचालय दिवस आज विश्व शौचालय दिवस है यह दिन लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने और शौचालय के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है

इस अभियान में केवल महिला बाईकर्स शामिल हैं

कल उनका हृदयाघात से निधन हो गया था